केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि फल सब्जियों और अन्य वस्त्ओं के लिये कोल्ड स्टोरेज को रसद व्यवस्था नीति में शामिल किया जायेगा हरियाणा के म्ख्ममंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि जनता की आशाओं के अन्रूप सभी विकास कार्य प्रे करवाये जायेंगे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा स्वास्थ्य मानकों में सुधार लाने के लिये पहले स्थान पर रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सैन्य कर्मियों के लिये विकलांगता पेंशन पर कर लगाने से सम्बधित मामले पर विचार करेगी वह कांग्रेस सदस्य अधीर रंजन चौधरी दवारा लोकसभा में शन्य काल के दौरान उठाये गये सवाल का जवाब दे रहे थे मंत्री ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में लगाया गया है और वह इस पर गौर करेंगे उन्होंने कहा कि रक्षा हेत् तैयारी एवं सशस्त्र बलों के कर्मियों के हित एनडीए सरकार की मुख्य प्राथमिकतायें है

केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश भर में विशेषकर फलों सब्जियों और जल्द खराब होने वाली वस्त्ओं के लिये कोल्ड स्टोरज़ चेन को रसद व्यवस्था नीति के प्रारूप की कार्य योजना का हिस्सा बनाना चाहिए

बैठक के दौरान श्री गोयल ने सभी स्विधाओं को कम से कम समय में बाज़ार तक पहुंचाने के लिये प्रेरित किया उन्होंने सभी चार मंत्रालयों और उनके विभागों से इस कार्य मे सहयोग देने का आग्रह किया

विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर उत्तर देते हये उन्होंने कहा कि उड़ान योजना अच्छी तरह से चल रही है उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न हवाई अड्डो के आध्निकीकरण का काम चल रहा है और यह राज्य सरकारों की भागीदारी पर निर्भर है

उन्होंने सदस्यों का यह आश्वासन भी दिया कि सरकार निजी कंपनियों के साथ बैठेगी और इस बात पर ज़ोर देगी कि सड़क सेवाओं की विघटन जैसी विघटन स्थितियों में वे अने सूचीबद्व किरायों से परे दरों में वृद्वि नहीं कर सकते हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा कि अग्निशमन की घटना होने पर त्रंत बचाव कार्य स्निश्चित करने के लिये विभाग की कार्यशैली को प्रभावी बनाने की योजनाएं तैयार की जा रही है उन्होंने कहा कि शीघ्र ही अग्नि शमन विभाग एक एप्प श्रू करेगा पंचक्ला में एक बैठक को सम्बोधित करते हये श्रीमती जैन ने कहा कि प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में आग लगने की घटना की सूचना मिलते संबंधित फायर ऑफिसर इस एप्प पर घटना की जानकारी अपलोड करेगा और तुरंत ही यह सूचना पूरे प्रदेश के संबंधित अधिकारियों तक पंहच जायेगी इस एप्प में प्रदेश के सभी दमकल अधिकारियों के साथ साथ जिला उपाय्क्तों प्लिस अधीक्षकों और सभी सिविल सर्जन को भी शामिल किया जायेगा ताकि बड़ी घटना होने पर पड़ोसी जिलों का प्रशासन भी त्रंत अलर्ट हो सके

फरीदाबाद में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विकास चौधरी की आज स्बह गोलियां मारकर हत्या कर दी गयी

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष डॉ॰ अशोक तंवर ने भी खेद जताते हुए विकास चौधरी की हत्या पर भारी दुख व्यक्त किया उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवसथा चरमरा च्की है पंचकूला में महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाये कम है

हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने करनाल में अधिकारियों को सभी अध्रे चल रहे विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि विकास भारतीय जनता पार्टी व उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य और नारा भी है इस बैठक में उपस्थित विधायकों से उन्होंने कहा कि वे जनता के साथ अपना सम्पर्क और उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए संवाद स्थापित रखें जनता की आशाओं के अन्रूप सभी विकास कार्य प्रा करवाएं सरकार के खजाने में धन राशि की कोई कमी नही है और चल रहे विकास कार्यो के लिए सरकार की तरफ से राशि भेज दी गई है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि स्वास्थ्य मानकों में सबसे तेज गति से सुधार करने में हरियाणा देश में पहले स्थान पर रहा है

इसके लिए नीति आयोग द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं विश्व बैंक के सहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्वास्थ्य मानकों का अध्ययन किया है

श्री विज ने कहा कि गत तीन वर्षो के दौरान अस्पतालों में मुख्य चिकित्सकों एएनएम व स्टॉफ की उपस्थिति में भी बढोतरी दर्ज की गई है उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी अनेक मानकों में हरियाणा स्वास्थ्य मानकों में वृद्धि दर्ज की है जिनका भविष्य में और अधिक सुधार करेंगे कांग्रेस नेता रणदीप स्रजेवाला ने दाद्प्र नलवी नहर परियोजना को रद्द करने की निंदा करते हये सरकार के इस कदम को उत्तरी हरियाणा के किसानों के साथ अन्याय एवं धोखा बताया सरकार पर किसान विरोधी नीतियों को आगे बढ़ाने का आरोप लगाते हये उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के फैसले ने प्रभावित किसानों को ब्याज सहित मुआवजा राशि लौटाने को कहा इससे उन्हे निराशा हई

उन्होंने कहा कि यह प्रत्यक्ष रूप से किसान विरोधी निर्णय तो है क्योंकि इस निर्णय से जो भू जल स्तर के गिरने का खतरा राज्य पर मंडरा रहा है वह और भी गहरा हो जाएगा